उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही श्री वेंकैया नायडू ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का भी आह्वान किया है जिससे प्रत्येक लेन देन बिना किसी बाधा के हो सके उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया है कि केन्द्र और राज्य सरकारों को भूमि से संबंधित मुद्दों पर व्यापक कानून बनाने के लिए एक साथ मिलकर टीम इंडिया की भावना से काम करना चाहिए श्री नायडू ने भूमि स्वामित्व पर कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज की आवश्यकता पर बल दिया उपराष्ट्रपति ने केन्द्र और राज्य सरकारों से प्रक्रियाओं को सरल और उन्हें पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करने का अनुरोध भी किया

इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण संचारी रोग और स्कूल चलो अभियान का जन आंदोलन बनाये जाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि थाना तहसील और विकास खण्डों को संवेदनशील बनाकर कार्य किया जाय तथा उद्योग बन्धु को बैठक भी नियमित रूप से आयोजित की जाय मुख्यमंत्री ने कुशीनगर को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए कार्य करने पर भी जोर दिया

उन्होंने इंसफलाइटिस वार्ड में भर्ती बच्चों के अभिभावकों से अस्पताल में मिल रहो दवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बच्चों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश भी दिय समीक्षा बैठक से पहले श्रो योगी ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मन्दिर परिसर में लगे जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया

वे आज तिरूपति म भाजपा सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोल रहे थे

उन्होंने नए सदस्यों से पौधे लगाने को भी कहा

श्री पाण्डेय ने कल चंदौली के कमालपुर में भाजपा के राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और कार्यकर्ता सम्मान समारोह मे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्यकर्ताआं से आह्वान किया इस दौरान उन्होंने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में किसानों गरीबों महिलाओं और नौजवानों के हिता का ख्याल रखा गया है यह सभी वर्गो के कल्याण का बजट है

उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में पार्टी नेताओं को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अपनी सहभागिता निभाय और विभागीय अधिकारिया से मुलाकात कर कार्यक्रम की प्रगति पता करें उन्होंने कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत सुल्तानपुर में एक लाख लोगों को सदस्य बनाने के लिए प्रयास तेज किये जायें

वे कल पणजी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के श्रभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह से अलग संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे

केन्द्र ने देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों से वर्षा जल संचय की कारगर निगरानी के लिए प्रकोष्ठ बनाने और कम से कम एक जल निकाय का जीर्णोद्वार करने को कहा है केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी जल संरक्षण संबंधी दिशा निर्देशों में कहा कि यह प्रकोष्ठ निकाले गए भू जल की मात्रा और उसके पुर्नभरण की निगरानी करेगा इस महीने की पहली तारीख को शुरू हुए जल शक्ति अभियान के प्रथम चरण के तौर पर यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं

केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सरकारी इमारतों में वर्षा जल संचयन की संरचना बनाई जाए अगर ऐसा नहीं है तो विशेष योजना के तहत उसका निर्माण किया जाना चाहिए मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में भवन निर्माण के नियमों के अनुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली की सुविधा मौजूद होने के बाद ही भवन निर्माण की अनुमति दी जाए साथ ही अधिवासी आर पूर्णता पत्र देने से पहले इसकी जांच भी की जाए

आज लखनऊ कानपुर सीतापुर जौनपुर कौशाम्बी पीलीभीत हमीरपुर मऊ बलिया वाराणसी और चंदौली सहित कई जिलों में बारिश होने स लोगों को गर्मी से राहत मिली अधिकतम तापमान सामान्य से छः डिग्री तक कम हो गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में कई स्थानों पर अगले दो से तीन दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है बारिश के बाद किसानों ने धान की रोपाई का काम शुरू कर दिया है

उन्होंने कहा कि अगर संसद में अधिक विधायी कार्य होंगे तो यह राज्यों की विधानसभाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा ओम बिरला आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत यह क़दम उठाया गया है सऊदी अरब में भारतीय राजनयिक हज ऐप की मदद से हज यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं और सेवा में सुधार के लिये उनके सुझाव भी हासिल कर रहे हैं सऊदी अरब में भारतीय हज यात्रा संचालन के बारे में जानकारी देने के लिये कल आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भारतीय राजदूत डॉक्टर औसफ सईद ने यह घोषणा की उन्होंने बताया कि यह एप हज यात्रियों को उनमें हज सेवा समन्वयकों से भी जोड़ेगा